उनके साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी रहेंगे सरकारी सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राजनाथ सिंह सियाचिन में सैनिकों और अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और दुनिया क सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनाती के दौरान सैनिकों की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे सियाचिन का आधार शिविर करीब बारह हजार फीट की ऊंचाई पर है और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी तेइस हजार फीट है सर्दियों में यहां तापमान जमाव बिन्द् से सत्तर डिग्री तक नीचे पहुंच जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो हज़ार चौदह में पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद सियाचिन का दौरा किया था

श्री नायडू ने आज विशाखापट्नम् में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच संवाद संबंधी दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में इस बात पर बल दिया है उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऐसे पाठयक्रम तैयार करने में सहायता करनी चाहिए जो उसकी उभरती ज़रूरतों के अनुरूप हों

हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ राज्यों में मतदाताओं की वास्तविक संख्या और वोट डालने वालों की कुल संख्या के बीच विसंगति होने के आरोप लगाए गये हैं

डाक मतपत्र अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर तैनात रक्षा कर्मी और चुनाव डयूटी पर तैनात कर्मी भेजते हैं

इस सिलसिले में दाख़िल याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सरकार से कहा है कि वह इस आशय का शासनादेश जारी करे गौरतलब है कि सरकार ने महाविद्यालयों के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ देने से इनकार कर दिया था सरकार का तर्क था कि इस बारे में ऐसा कोई कानून या नियम मौजूद नहीं है

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन नगरों के नामों का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया है जो इक्कीस जून को आयोजित होने वाले प्रमुख समारोह के स्थल को अंतिम रूप देगा प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल के लिए नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद सरकार का यह पहला विशाल सार्वजनिक आयोजन होगा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

प्रसिद्ध वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में तीन भाषाओं की नीति का प्रस्ताव किया है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल कहा कि समिति ने ड्राफ्ट नीति सौंपी है इसे आम जनता की राय के लिए रखा गया है और अन्तिम निर्णय से पहले राज्य सरकारों से भी परामर्श लिया जायेगा श्री निशंक ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार का किसी भी क्षेत्र पर कोई भाषा थोपने का इरादा नहीं है बाइट हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी गवर्नमेंट ने पहले से यह तय किया है कि सभी भारतीय भाषाओं का हम सम्मान करेंगे और उसका विकास करेंगे किसी भी प्रदेश पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी इस बात को लेकर के विवाद का कोई विषय नहीं उठता है क्योंकि सरकार वो नीति नहीं है और वो तो ड्राफ्ट है और लोगों की क्या मंशा है सभी प्रदेशों के आम जनता की क्या उस पर सुझाव आते हैं उसके बाद जा करके कोई नीति बनेगी

इसका निर्माण कार्य इसी माह के अन्त में शुरू हो रहा है इस कॉरीडोर के बनने से श्रद्वालुओं को दर्शन पूजन के दौरान कई तरह की जन सुविधाएं उपलब्ध होंगी काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह ने आकाशवाणी संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी को ख़ास बातचोत में बताया बाइट सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि एक द्रसरे के जो सभी हालत होती है कि दो फिट ढाई फिट की गलियों में लोग धक्का खाते हुए धूप में धूल में बिना किसी बेसिक फैसिलिटी के बिना पानी के बिना टॉयलेट के घण्टों इंतजार करने के बाद दर्शन की सुविधा पाते हैं

बांदा में अधिकतम तापमान सैंतालीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि इलाहाबाद और आगरा में पैंतालीस डिग्री सेल्सियस तथा लखनऊ और कानपुर में इकतालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने बांदा चित्रकूट फतेहपुर और कौशाम्बी जिलों तथा आसपास के इलाकों में आज शाम धूल भरी आंधी आने और बारिश का अन्मान ज़ाहिर किया है इस बीच ब्रुंदेलखण्ड और पश्चिमी अंचलों में प्रचंड गर्मी का सिलसिला जारी है अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों खासतौर पर पूर्वी अंचल में धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है

ये जानकारी केन्द्रोय श्रम और रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने आज बरेली में मीडिया को दी

श्री गंगवार ने कहा कि इस योजना से देश के लगभग तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा इस दौरान स्थानीय उद्यमियों स बातचीत करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि बरेली का औद्योगिक विकास उनकी शीर्ष प्राथमिकताओ मे शामिल है और वह जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस बारे में प्रस्ताव देंगे

वह आज अपने संसदीय क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन मीडिया से बातचीत कर रही थीं श्रीमती गांधी ने कहा कि ज़िले में चीनी मिल के जीर्णोद्धार विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था के बारे में आज सुबह ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है इस बीच पत्रकारों द्वारा उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल न किये जाने के बारे में पुछे गये प्रश्न का श्रीमती गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया

पिछले वर्ष मई माह की तुलना में इस बार राजस्व संग्रह में छ दशमलव छः सात प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है